अम्बाला में भी लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूक करते हए एक विशेष अभियान चलाया गया

उन्होंने बताया कि इस रोग का पता लगाने के लिए सभी प्रकार के परीक्षण म्फ्त किए जाते है अन्तर जातीय और द्रसरे धर्मो में विवाह करने वाले जोड़ो को राहत देते हए सर्वोच्च न्यायालय ने खाप पंचायतों जैसे असंवैधानिक संगठनों दवारा किसी भी प्रकार के हस्ताक्षेप को अवैध करार देते हए पांबदी लगा दी है म्ख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानवलिकर और डी वाई चंद्रचूढ़ ने इस प्रकार के हस्ताक्षेप को रोकने के लिए क्छ निर्देश जारी किए है अपैक्स कोर्ट ने कहा है कि जब तक संसद द्वारा इस सम्बध में कोई कानून पास नहीं होता तब तक ये निर्देश लागू रहेंगे

सरकार सर्वोच्च न्यायालय के अन्सूचित जाति और अन्सूचित जातियों पर अत्याचार रोकने सम्बधी कानून पर दिए आदेश पर पुर्नविचार याचिका दायर करने पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ सलाह मशवरा कर रही है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय कानून से मशवरे के बाद पूर्न विचार याचिका दायर करने पर विचार करेगा उसके बाद ही सरकार कार्य करेगी हरियाणा में सरपंच अब ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अपने विकास कार्यों के लिए अनुपुरक राशि की मांग जून अक्तूबर तथा जनवरी के प्रथम सप्ताह में भेज सकेंगे इसके अलावा उन्हें वर्ष में एक बार वाइल्ड कार्ड के तहत भी राशि निकालने की अन्मति होगी यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विकास एवं पंचायत विभाग की हई एक समीक्षा बैठक में लिया गया

केन्द्र के यातायात और जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पाकिस्तान में वापस बहने वाले नदी के पानी को रोकने के लिए उत्तराखंड में तीन बांध बनाए जायेंगे

श्री गड़करी ने कहा कि सम्द्र में बहने वाले पानी को इस्तेमाल के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने कई कदम उठाए है उन्होंने कहा कि बूंद सिंचाई के माध्यम से किसानों को तीन ग्णा अधिक पानी मिल जायेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि फसलों को उगाने पर जो खर्च आयेगा उन्हें उससे डेढ़ ग्णा अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा हिसार हवाई अड्डे को तीन चरणों में एक समेकित उड्डायन हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्घ हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत मैसर्ज पिनाकले एयरलाइंस इस वर्ष से अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएगी यह जानकारी हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत हिसार हवाई अड्डे को संचालित करने के सम्बन्ध में हई एक समीक्षा बैठक में दी गई

उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रथम चरण में आरसीएस उड़ान के तहत वर्तमान हिसार हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर उसे घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा

इस एमओयू के तहत ल्वास व आय्र्वेद लिमिटेड अब मिलकर पश्धन के विकास मे काम करेंगे

श्री मनोहर लाल आज उनसे भेंट करने आई सुश्री दीपा मलिक से बातचीत कर रहे थे उन्होंने हाल ही में दुबई में वल्र्ड पैरा एथलैटिक्स ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भी दीपा मलिक की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाडिय़ों को लगातार प्रेरित करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल सृजित करने के लिए प्रतिबद्घ है

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सरकार ने हर साल बैकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य तय किया है और बैंक लगातार इन लक्ष्यों को पार कर च्के है

हरियाणा रोडवेज ज्वाईट एक्शन कमेटी के आहवान पर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू करने के विरोध रूवरूप प्रदेश भर के डिप्ओं में दो घंटे का प्रदर्शन किया गया